कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है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

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एलईडी ग्राम लाईट योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एनर्जी वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया इसके साथ ही म्ख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष ग्राम के प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया म्ख्यमंत्री ने सभी स्वयं सहायता सम्हों को ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देते हए कहा कि हमारा अगला फोकस अपनी मां बहनों के सिर से घास लकड़ी का बोझ उतारना है उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को भी इस दिशा में योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए

उन्होंने ऊर्जा संरक्षण विषय पर सभी जिलों में छात्र छात्राओं से संवाद भी किया साथ ही ऊर्जा संरक्षण को लेकर चयनित स्कूलों में हई चित्रकला प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया

उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना तमिलनाड् चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात और अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारु संग से चल रही है

उतराखंड किसान समर्थन उत्तराखंड के किसान प्रतिनिधिमंडल ने कल केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में म्लाकात कर नये कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी बैठक में मौजूद थे यह किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है कृषि कानून अल्मोडा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को देश के किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है अल्मोड़ा में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दल किसान आन्दोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है किसान देश की रीढ़ है और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले की तरह लागू रहेगा

एक ट्वीट में प्रत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है मुख्य सचिव मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गंगा से सटे कस्बों में ठोस और तरल वेस्ट मैनेजमेंट और अपशिष्ट पदार्थों की रीसाइकिलिंग से सम्बन्धित कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं म्ख्य सचिव ने नमामि गंगे अभियान के अन्तर्गत सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट गंगा के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण घाटों का सौन्दर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्यो को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने सिंचाई विभाग को जल संरक्षण के तहत ग्राउन्ड वॉटर रिचार्ज के काम को संवदेनशील क्षेत्रों में बेहतर तरीके से करने को कहा

इसको लेकर राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानि एस ओ पी जारी की है इसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले छात्र छात्राओं को आरटी पीसीआर टेस्ट कराना होगा पहले और आखिरी सेमेस्टर के लिए केवल उन्हीं विषयों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई होगी जिनमें थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिल जरूरी है एसओपी में शिक्षण संस्थानों से अलग अलग बैच या सेक्शन बढ़ाकर कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है जरूरत पड़ने पर पढ़ाने का समय बढ़ाया जा सकता है केवल उन्हीं शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं एसओपी के अनुसार अभिभावकों के लिखित सहमति के बाद ही छात्र कॉलेज आएंगे उच्च शिक्षण संस्थानों को नोडल अधिकारी नामित करना होगा जिलाधिकारियों को जिलास्तरीय नोडल अधिकारी निय्क्त करने होंगे शिक्षण संस्थानों को रोज सैनिटाइज करना होगा

राज्य सरकार ने ऑनलाइन मोड पर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है कॉलेज हरिदवार हरिदवार में जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधकों ने स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारियां पूरी कर ली है जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि कॉलेजों में कोरोना महामारी के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा कॉलेजों में आने वाले छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करने के साथ ही मास्क पहनेंगे और हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल करेंगे हरिद्वार के एस एम जे एन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील बत्रा ने कहा कि कक्षाओं में केवल एक तिहाई छात्र छात्राओं को ही बैठाया जाएगा राजकीय महाविद्यालय भवन चमोली जिले के राजकीय महाविद्यालय नंदासैंण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को अब जल्द ही अपने महाविदयालय का भवन मिलेगा प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने नंदासैंण में राजकीय महाविदयालय भवन का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया

इसके लिए कार्यदायी संस्था को पूरी धनराशि दे दी है

सोमवती अमावस्या स्नान सोमवती अमावस्या पर्व पर हरिद्वार में आज तीर्थयात्रियों ने गंगा स्नान किया श्रद्धाल्ओं ने गंगा स्नान के साथ ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण भी किया सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का काफी महत्व है स्नान के दौरान कोरोना महामारी के चलते प्रशासन दवारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया गया जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिदवार में होने वाले महाकृंभ को देखते हए यहां आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की जा रही है कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हरिद्वार आने का कार्यक्रम बनाएं उन्होंने कहा कि सभी बड़े स्नान पर्वो के लिए समय समय पर जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा